मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि आधारित गतिविधियों के विकास के द्वारा प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने के क्रम में आज किसान कल्याण मिशन का श्भारम्भ किया

लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण मिशन कृषक भाइयों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम है उन्होनें कहा कि प्रत्येक विकास खंड में किसान उत्पादन संगठन एफपीओ का गठन किया जाना है किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में इन किसान उत्पादन संगठनों की बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से परचित कराने के लिए प्रदेश के सभी विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन श्रू किया जा रहा है यह एक वृहद कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है उन्हाने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकारें किसानों के कल्याण के लिये लगातार काम कर रही हैं और सरकार किसानों को आत्महत्या के रास्ते से हटाकर आमदनी की राह पर ले आई है

उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी उपलब्ध कराया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषक मुआवजे का लाभ उठा सकते हैं

किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत आज प्रदेश के तीन सौ तीन ब्लाकों में कार्यक्रम आयोजित किये गये

निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के अंतर्गत बारह सीटों के लिये चुनाव की घोषणा कर दी है इन सदस्यों का कार्यकाल आगामी तीस जनवरी को समाप्त हो रहा है

विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल तीस जनवरी को समाप्त हो रहा है वह है डॉ दिनेश शर्मा अहमद हसन आशू मलिक रमेश यादव राम रतन राजभर वीरेन्द्र सिंह साहब सिंह सैनी धर्म सिंह अशोक नसीमद्दीन सिद्दीकी स्वतंत्र देव सिंह प्रदीप कुमार जाटव और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज के दौर में दुनिया आयुर्वेद योग और नेचुरोपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्वति की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में नव चयनित एक हजार पैंसठ आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को लखनऊ में नियक्ति पत्र वितरण के अवसर पर बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने एक सौ बयालीस हेल्थ एण्ड वेल्नेस सेन्टरों का भी शुभारंभ किया उन्होंने इस अवसर पर योग आयुर्वेद और नेचुरोपथी में नये शोधों को गति देने का आह्वान किया केन्द्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे ईयूके के दस दिन के भीतर हम उसकों यू ए का अर्थ है इमरजैंसी यूज आथोराइजेशन ये बोलचाल की भाषा में शब्दक प्रयुक्त होता है

वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण कार्य की तैयारियां बेहतर ढंग से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि टीकाकरण का कार्य भारत सरकार की गाइड लाइन के अन्सार किया जायेगा उन्होंने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण के टॉरगेट ग्रुप का डाटाफीड और द्वितीय चरण डाटाफीड की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जाये

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि टीकाकरण के पहले चरण में वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जायेगी उन्होंने बताया कि वैक्सिनेशन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश में एक हजार पांच सौ केन्द्र बनाये गये हैं

उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में आठ हजार चार सा इकतालीस कोरोना ग्रसित लोगों की मौत हुई है और इस समय प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर एक दशमलव चार तीन प्रतिशत है

सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों मे विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान कारगर है स्वास्थ मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की श्रंखला जारी की है क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्नहित किया है पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल है दूसरे समूह में पचास वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन पर काम कर सकता है नहीं कोरोना वैक्सीन के लिए ये पंजीकरण अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी यदि कोई व्याक्ति स्थल पर फोटो आई दिखाने में समर्थ है और क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यंक्ति को वैक्सीन लगाया गया है केन्द्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्डफ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपाया की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है कई राज्यों में बडफ्लू के फैलने की खबर है केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं